हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुश्यंत चौटाला ने कहा कि शराब की तस्करी रोकने के लिए नया कानून बनेगा हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण गौसेवा केन्द्र बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है और भारत व श्रीलंका ने इसका यथोचित तरीके से मुकाबला किया है उन्होंने कहा कि दोनो देश आतंकवाद से निपटने के लिए परस्पर सहयोग और बढाएंगे श्री मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्दा राजपक्सा के साथ बातचीत के बाद प्रैस वक्तव्य में कहा कि भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि श्रीलंका का विकास और शांति भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारत पड़ोसी पहले की नीति के तहत आपसी संबंधों को विशेष प्राथमिकता देता है श्री मोदी ने कहा कि गत वर्ष घोषित की गई नई ऋण नीति से दोनो पड़ोसी देशों में विकास की गति तेज होगी इससे पहले दोनो नेताओं ने पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्क को बढाने के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया श्री राजपक्सा ले कहा कि श्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई उन्होंने पड़ोसी पहले की नीति को प्राथमिकता देने के लिए श्री मोदी का धन्यवाद किया केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि विपक्षी दलों के कई नेता संसद की गरिमा के विपरीत काम कर रहे हैं यह उन्हें शोभा नहीं देता कांग्रेस का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि इसके नेता संसद में कागज फाड़ने में लगे हुए हैं श्री कटारिया यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध केवल वोटों की राजनीति के लिए किया जा रहा है उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर श्री कटारिया ने कहा कि ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है

परिवहन मंत्री आज सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के रोष स्वरूप भिवानी के घंटाघर चौंक पर रोष प्रकट किया प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व भिवानी व्यापार मण्डल के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी कौशिक कर रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ बयान दिया था उन्होंने कहा कि विवादित बयान पर माफी मांगे नही तो देश के युवा व उनका संगठन सड़कों पर उतरेगा उन्होंने कहा कि आज पूरा भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यो से खूश हैं

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा है कि शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार कानून बनायेगी वे आज रोहतक के गांव खरांवड़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश भर की सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग मांगा गया है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के खिलाफ समाज को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी इस दौरान उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार की सौ दिन की उपलब्धियों का जिक भी किया उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्येक वर्ग को मूलभूत सुविधायें देने का काम किया है

यह अभियान आज से शुरु किया गया है अभियान के तहत ग्राम सभाओं का आयोजन करके ग्रामीणों के अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिले के अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मिशन के तौर पर काम किया जाएगा ताकि सभी वंचित किसानों को इसका लाभ मिल सके उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गुरू रविदास जी की जयंती पर प्रदेश वासियों को बधाई दी है और सभी के लिए सुख शांति एवं समुद्धि की कामना की है उन्होंने गुरू रविदास जी को महान् संत दार्शनिक औश्र समाज सुधारक बताते हुए कहा कि वे पूरे संसार में समभाव चाहते थो उन्होंने कहा कि गुरू रविदास जी किसी एक जाति या सम्प्रदाय के गरू नहीं थे बल्कि वे पूरी मानव जाति के मार्ग दर्शक थे श्री आर्य ने कहा कि गुरू रविदास जी की शिक्षाएं वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर समभाव की ओर बढना चाहिए तभी देश को भेदभाव से छुटकारा मिलेगा और देश तरक्की करेगा हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भानी राम मंगला ने कहा कि प्रदेश सरकार गौशालाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं तैयार कर रही है इस कड़ी में मेवात की गौशाला में बायोगैस प्लांट लगाने की पायलट परियोजना शुरू की गई है योजना के अनुसार पाईपलाईन के माध्यम से पूरे गांव को रसोई गैस उपलब्ध करवाई जायेगी इसके अलावा जैविक खाद भी बनाई जायेगी और ग्रामीण रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का भी उपयोग करेंगे इसके बाद प्रदेश की अन्य गौशालाओं में भी बायोगैस प्लांट लगाने की योजना है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही ग्रामीण गौ सेवा केन्द्र बनाने जा रही है जिसके तहत केन्द्र खोलने के लिए यदि समिति के माध्यम से ग्रामीण प्रस्ताव भेजते हैं तो इस पर सरकार द्वारा पांच लाख रूपए तक की सहायता का प्रावधान है